भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रक्षेपण से पहले कल किये गए सभी परीक्षण मिशन मानकों के अनुरूप रहे

चंद्रमा के रहस्यों का पता लगाने की क्षमता के अलावा यह मिशन देश के युवाओं के बीच वैज्ञानिक सोच को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है

इस दौरान समाज के सभी वर्गो के कल्याण बुनियादी ढांचा क्षेत्र तथा शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लिये गये है

वहीं जैसलमेर में जवानों ने सैनिकों के बलिदान को याद करते सीमावर्ती गांवों में ऊंट सफारी का आयोजन किया ऊंट सफारी में सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरियों ने भी बढ चढकर हिस्सा लिया और देशभक्ति की मिसाल पेश की

एक ट्वीट में उन्होंने लोगों से नमो एप पर विशेष रूप से बनाये गए ओपन फोरम में अपने विचार भेजने को कहा है

यह श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी होगी

इस मामले की जांच अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक विजय सिंह कर रहे है

इससे जहां नाली बैल्ट और सेमनाला क्षेत्र के किसानों को फायदा हुआ है वहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की विभिन्न वितरिकाओं के किसानों को भी लाभ मिला है हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि आमतौर पर घग्घर में सितंबर माह में ही पानी आता है

उदयपुर में शाम को मूसलाधार बारिश के बाद सडको पर पानी भर गया और निचले इलाकों के कुछ घरों में पानी घुस गया उधर बाडमेर और सिरोही जिले में कल अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली

वहीं कल प्रतापगढ जिले में लम्बे इंतजार के बाद झमाझम बारिश हुई

इस अवसर पर प्रदेशभर के शिवालयों में भक्तों की भीड उमड रही है लोग बिल्व पत्र और दूध से शिवजी का जलाभिषेक कर रहे है मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है सवाईमाधोपुर के शिवाड में घ्रश्मेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखी जा रही है भरतपुर में शिव मंदिरों में गंगा तट से गंगा जल लेकर आये कावडियों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया प्रतापगढ शहर के प्रमुख दीपनाथ मंदिर में रूद्राभिषेक का आयोजन किया गया